वहीं अन्य आरोपियों सैफ अली खान नीलम सोनाली बेंद्रे और तब्बू को बरी कर दिया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए महत्वपूर्ण नीतिगत दरों में कटौती की आशा की जा रही है इससे पहले आर बी आई के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुआई वाली मौद्रिक नीति समिति की दो दिवसीय बैठक कल शुरू हो गई पिछली तीन नीतिंगत बैठकों में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरो के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखी है

जीएसटी परिषद ने आईटी शिकायत निवारण समिति को करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है

इस राशि से दोनों क्षेत्रों में ट्यूबवैल पाईपलाईन और जीएलआर टंकियों का निर्माण होगा इससे यहां की जनता की पीने के पानी की समस्या दूर होगी केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ के प्रयासों से ये मंजूरी मिली है

यहां स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है

इस दौरान हिंडौन क्षेत्र में इंटरनेट सेवाए बंद है इधर सवाईमाघोपुर जिले में इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है

वहीं जैतारण में आज भी इंटरनेट बंद हैं गौरतलब है कि हनुमान जयंती पर निकले जुलूस के दौरान हुए विवाद के बाद यहां तनाव पैदा हो गया था

दौड़ सहित विभिन्न शारीरिक मापदंडों के बाद कुछ अभ्यर्थियों का अंतिम दौर के लिए चयन किया गया है बाड़मेर और उदयपुर के अभ्यर्थियों की रैली आज हो रही है

श्रीमती राजे कल जयपुर में महाराव शेखाजी संस्थान की ओर से आयोजित सम्मान समारोह के दौरान अमरसर में राव शेखाजी पैनोरमा तथा रालावता में मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल की घोषणा के लिए आभार व्यक्त करने आए शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को सम्बोधित कर रही थीं

इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्वाजंलि दी जा रही है